प्रधानमंत्री ने एक टवीट में कहा कि ये परिणाम राष्ट्रीय प्रगति के लिए बहत लाभदायक रहे हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज जुब्बल कोटखाई के दौर पर रहेंगे इस दौरान वे विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री सरस्वतीनगर में निर्माणाधीन सिंथेटिक ट्रैक के कार्यो की समीक्षा करने के बाद हाटकोटी मंदिर के सौंदर्यीकरण व पार्किंग की आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री का खड़ापत्थर में एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है सांसद सुरेश कश्यप भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमीरपुर जिला के सुजानपुर में खोखाधारकों को सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है

श्रम दावा श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत एफिडेविट फॉर्म के जरिये दावा प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि योजना के लाभार्थियों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए यह छूट दी गई है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने भानुपल्ली लेह रेललाईन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

पंजाब केसरी मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र को हवाले से लिखता है भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेल लाइन केंद्र ही बनाए दिव्य हिमाचल के शब्द हैं भानुपल्ली लेह रेल लाईन का पूरा खर्चा दे केंद्र जबकि दैनिक जागरण का शीर्षक है केंद्र उठाए भानुपल्ली लेह रेललाइन का पूरा खर्च हिमाचल दस्तक का कहना है मख्यमंत्री जयराम ने दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल से उठाया मामला आपका फैसला के मुताबिक राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार और रेल लाइनयों के लिए नए रूट चिन्हित करने का भी कियाँ आग्रह जनमंच कार्यक्रमों पर अमर उजाला ने खबर दी है चंबा में चमेरा प्रोजेक्ट तीन पर एफआईआर के आदेश बिलासपुर में मक्की के दाम न मिलने का उठा मुद्दा

हिमाचल दस्तक ने लिखा है सबसे ज्यादा शिकायतें मंडी जिले में उना में सबसे कम

डाक विभाग के लिफाफे पर दिखेगी अटल टनल रोहतांग शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है विभाग के लिफाफे में अब अटल टनल के भीतर के दृश्य के साथ साउथ और नॉर्थ पार्टल की तस्वीर नजर आएगी

नमस्कार